उन्हॉने ई गोपाल ऐप की भी श्रूआत की जिसका उद्देश्य मत्स्य पालन मत्स्य बीज में व्यापक बेहतरी संबंधित बाजार और सुचना पोर्टल की व्यवस्था करना है इस ऐप को किसान सीधे तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने बिहार में मत्स्य पालन और पर्युपालन क्षेत्रों से संबंधित अनेक कार्यक्रमों की श्रूआत की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक ऐसा अग्रणी कार्यक्रम है जिसमें मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत विकास पर अधिक ध्यान दिया गया है इस योजना पर बीस हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि निवेश की जायेगी अब तक मत्स्य पालन क्षेत्र में निवेश की जाने वाली ये सबसे बड़ी राशि है इसका उद्देश्य वर्ष दो हजार चौबीस पच्चीस तक अतिरिक्त सत्तर लाख टन मछली उत्पादन बढाना है अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि इन सभी योजनाओं के शुरू करने का उद्देश्य इक्कीसवीं शताब्दी के भारत के सभी गांव को ऊर्जा और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में और मजबृत बनाना है

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना देश के इक्कीस राज्यों में शुरू की जा रही है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत राशि सीधे तौर पर देश के दस करोड़ से अधिक किसानों के बैंकों में जमा करा दी जाएगी प्रधानमंत्री ने कहा कि ई गोपाल ऐप एक डिजिटल माध्यम होगा जिससे मवेशी मालिक आध्निक मवेशियों का चुनाव कर सकेंगे इस ऐप से मवेशी मालिकॉ को उत्पादकता स्वास्थ्य और चारा से संबंधित समी सूचनाएं उपलब्ध होंगी श्री मोदी ने लोगों से अपील की कि वे कोरोना महामारी के दौरान सावधानी के सभी उपाय करें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पांच रफाल लडाकू विमानों की पहली खेप आज अम्बाला के वायुसेना अड्डे पर एक विशेष समारोह में भारतीय सेना में शामिल की इस अवसर पर परम्परागत सर्वधर्म पूजा की गई इस दौरान फ्रांस की मंत्री पलोरेंस पार्ले भी उपस्थित थीं

इस अवसर पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रफाल सौदा देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा रेल मंत्रालय ने शनिवार से कछ मागों पर निर्धारित समय सारणी के अनरूप चालिस जोडी रेलगाडियां चलाने का फैसला किया है इस समय सोलह विशेष रेलगाडियां विजयवाडा डिविजन से गुजर रही हैं यात्री रेल सेवाओं की आशिक रूप से बहाली के तहत मौजूदा श्रमिक स्पेशल और विशेष वातानुकलित रेलगाडियों के अलावा आठ और रेलगाडियां इस मार्ग पर चलेंगी इन रेलगाडियों की वुकिंग आज से शुरू हो गई हैं ये रेलगाडियां पूरी तरह आरक्षित होंगी कोविड नाइन्टीन के मद्देनजर यात्रियों के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखने और अन्य सभी एहतियाती उपाय किए जायेंगे यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे आरक्षण काजंटर पर भीडभाड से बचने के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग का लाम उठायें देश में कोविड नाइन्टीन से स्वस्थ होने वालों की दर सतहत्तर दशमलव सात चार प्रतिशत तक पहुंच गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान बहत्तर हजार नौ सौ उन्तालिस से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि चौंतीस लाख इकहत्तर हजार सात सौ तिरासी मरीज स्वस्थ हुए हैं संक्रमण के कुल मामलों में से सक्रिय मामलों की संख्या बीस दशमलव पांच आठ प्रतिशत रह गई है टेस्ट ट्रैक और ट्रीट की नीति से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ी है और मृत्यु दर कम हुई है वर्तमान में मृत्यु दर एक दशमलव छह आठ प्रतिशत पर आ गई है आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड नाइन्टीन पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा भारतीय जन स्वास्थ्य न्यास के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी चर्चा में भाग लेंगे श्रोता टोल फ्री टेलीफोन नंबर एक आठ शन्य शन्य एक एक पांच सात छ सात पर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं श्रोता शून्य एक एक दो तीन तीन एक चार चार चार चार पर भी सवाल पूछ सकते है इस कार्यक्रम को आज रात साढ़े नौ बजे से एफ एम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आज से अन्तर्राज्यीय बस सेवा की श्रूआत हयी प्रदेश और दिल्ली के बीच आज से बस सेवा का श्भारम्भ किया गया प्रदेश से हरियाणा और राजस्थान के लिये बस सेवा कल सुबह से शुरू की जायेगी प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और भारत रत्न पंडित गोविन्द बल्लभ पंत का आज एक सौ तैंतीसवां जन्मदिवस मनाया गया इस अवसर पर लोगों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर के उन्हें श्रद्वा सुमन अर्पित किये तथा उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा हुयी जौनपुर जिले के सरावां स्थित शहीद लालबहादुर गुप्त स्मारक पर लोगों ने उनके जन्मदिवस पर श्रद्वांजलि अर्पित की